समाचार विस्तार से आम बजट आम बजट की तैयारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश के शीर्ष उद्योगपतियों के साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति पर कल चर्चा की बैठक में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और रोजगार बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया श्री मोदी ने उद्योग जगत से निराशा से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि वे देश के किसी भी हिस्से में काम करें सरकार उनके साथ सहयोग करेगी यह दशक भारतीय उद्यमियों का है और पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था तो एक पड़ाव मात्र है लक्ष्य इससे बड़े हैं उन्होंने कहा कि सरकार के खिलाफ देश में भ्रम फैलाया जा रहा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों को उद्योग के विरुद्ध बताया जा रहा है

राज्य में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से वृहद श्रेणी के उद्योगों को देय टैक्स सहायता निरंतर दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश की नई सरकार ने औद्योगिक प्रयोजन के लिये आपसी सहमति से निजी भूमि अर्जन के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी भी लागू कर दी है पन्ना नीलामी पन्ना जिले की उथली खदानों से प्राप्त हीरों की नीलामी हीरा कार्यालय संयुक्त कलेक्ट्रेट भवन में आज से की जायेगी कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया कि कुल हीरों की नीलामी पूर्ण होने तक शासकीय अवकाश को छोड़कर चालू रहेगा

लोधी स्थगन मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रहलाद लोधी के सजा के स्थगन पर दो सप्ताह की बढ़ोतरी की है गौरतलब है कि एक मामले में कोर्ट द्वारा उन्हें सजा सुनाए जाने के बाद मध्यप्रदेष विधानसभा ने उनकी सदस्यता भंग कर दी थी जिसे बाद में उन्हें बहाल कर दिया गया स्टाप सेंटर सखी केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव आशीष श्रीवास्तव गुना जिला पहुंचे वहां उन्होंने जिला चिकित्सालय स्थित वन स्टाप सेंटर सखी का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि वन स्टाप सेंटर सखीका मगसद यही है कि हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक ही छत के नीचे निर्धारित समस्त सुविधाएं मिलें उसे किसी समस्या से जूझना अथवा परेशान नहीं होना पडे वहीं श्री श्रीवास्तव ने शासकीय हाईस्कूल बरखेडा हाट आरोन एवं बरखेडा हाट आंगनबाडी केन्द्र का भी निरीक्षण किया इस दौरान उन्होंने छात्रों से चर्चा कर शैक्षणिक गतिविधियों परीक्षा एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी एकत्र की

इसके तहत प्रबुद्वजनों की बैठक होगी जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद प्रभात झा भाग लेंगे वहीं भिड जिले में कल हुए कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल सिंह गूर्जर शामिल हए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में कांग्रेस समेत विपक्षी दल झूठ के आधार पर देश में भ्रम फैलाकर अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं वह निंदनीय है हिन्दुस्तान में अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है इस विधेयक का उद्देश्य देश में रह रहे किसी भी धर्म संप्रदाय की नागरिकता को समाप्त करना नहीं वल्कि पाकिस्तान बांग्लदेश और अफगानिस्तान में प्रताडित हिन्दुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है एक अन्य कार्यक्रम अनूपपुर जिले में आयोजित किया गया जहां सतना सांसद गणेष सिंह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए किसी की भी नागरिकता नहीं छीनेगा मौसम सर्द हवाओं और कोहरे के कारण प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है शिवपुरी और बैतूल शहर सबसे ठंडे रहे

दोनों शहर कल से शीतलहर की चपेट में हैं वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में घने कोहरे के चलते दिल्ली से आने वाली सभी ट्रेन दो से पांच घंटे तक की देरी चल रही हैं

वहीं कल राजधानी भोपाल में सुबह मामूली कोहरा रहा लेकिन दिनभर गुनगुनी धूप से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली

पूर्वी मध्यप्रदेश में ओलावृष्टि भी हो सकती है कमलनाथ छिन्दवाड़ा राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी द्वारा असहयोग आंदोलन के सिलसिले में की गई छिन्दवाड़ा यात्रा के सौ वर्ष पूरे हाने के उपलक्ष्य में कल छिंदवाड़ा में आयोजन किया गया

गोल्डन ब्रक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के साउथ एशिया हेड आलोक कमार ने मुख्यमंत्री को इस रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की विभिन्नता में एकता की ताकत के साथ अगर हमारे सामाजिक और पारिवारिक मूल्य सुरक्षित नहीं होंगे तो भारत का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा इससे पहले मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा के पाठाढाना चंदन गाँव में आदर्श गौ शाला का लोकार्पण भी किया

गुवाहाटी में श्रंखला का पहला मैच बारिश और गीली पिच के कारण रद्द हो गया था ऐसे में दोनों ही टीम इस मुकाबले को जीतकर बढ़त लेना चाहेगी

पेश है हमारे इन्दौर संवाददाता की रिपोर्ट इंदौर का होलकर स्टेडियम टीम इंडिया के लिए हमेषा से भाग्यषाली रहा है

मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने यह जानकारी दी

उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा